इसरो के अधिकारियों ने बताया कि विकम से संपर्क टूटने तक ऑर्बिटर और लैंडर से मिले डाटा की लगातार निगरानी के बाद उसे लैंड करने के स्थान का पता लगाया जा सका है इसरो इस बात का पता लगायेगा की लैंडर विक्रम ने हार्ड लैंडिंग की है अथवा चांद की सतह से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है उन्होंने बताया कि इसका पता विक्रम लैंडर का इसरो से संपर्क टूटने से पहले अंतिम ॅक्षण तक उसके द्वारा भेजे गये डाटा का अध्ययन करके ही लगाया जा सकता है

भाजपा सरकार सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले सौ दिनों में अनेक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का केन्द्र शासित प्रदेशों के रूप में पूर्नगठन एक ऐतिहासिक निर्णय था

उन्होंने कहा कि किसानों गरीबों मजदूरों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिए हैं

सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि सभी के लिए आवास जल जीवन मिशन आयुष्मान भारत किसानों की आमदनी दोगुनी करना उज्जवला योजना और तीन तलाक को गैरकानूनी करार देना इस सरकार के कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय हैं

इस अवसर पर जावड़ेकर ने सरकार के सौ दिन पूरे होने पर एक पुस्तिका का भी विमोचन किया पोषण माह राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत सितंबर माह को मध्यप्रदेश में भी पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है

इसमें जिला महिला बाल विकास अधिकारी ने पोषक तत्वों के बारे में बताया कटनी जिले के आंगनवाड़ी केन्द्रों पर चौपाल लगाकर लोगों को पोषण के महत्व के बारे में बताया जा रहा है जिले के कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में जो भी अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जायेगा उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी डॉ सिंह ने आज ग्वालियर में संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि कमलनाथ सरकार शीघ्र ही एक सभिति बनाकर कानून लायेगी जिसमें जो अधिकारी एवं कर्मचारी भिलावटखोरी में लिप्त पाया जायेगा उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जायेगी

यह बैठक सेवानिवृत्त जस्टिस राजेश कुमार की अध्यक्षता में सिंगरोली जिला मुख्यालय पर सूर्या भवन में होगी कमेटी के सदस्य सिंगरोली जिले में ऐशडाइक एरिया और कोयला परिवहन मार्ग का भी अवलोकन करेंगे मौसम राजधानी भोपाल में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है इससे बड़े तालाब का जलस्तर और अधिक बढ़ गया है बारिश के कारण शहर की कुछ निचली बस्तियों में पानी भर गया है रायसेन जिला मुख्यालय सहित सभी तहसील क्षेत्रों में कल रात से लगातार बारिश हो रही है रायसेन के समीप ग्राम पगनेश्वर में बेतवा नदी ऊफान पर है जबकि बाड़ी बारना डेम के दो गेट भी खोल दिये गये हैं

बालघाट जिले के भंडारा क्षेत्र में अलर्ट जारी किया है

नरसिंहपुर जिले में जिला प्रशासन ने नर्मदा तट के किनारे रहने वाले रहवासियों के लिये अलर्ट जारी किया है प्रशासन ने निचली बस्तियों में रहने वालों को सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देश दिये हैं वहीं छिंदवाड़ा नीमच सीहोर सागर शिवपुरी और अन्य जिलों से भी तेज बारिश के समाचार हैं